विधानसभा सचिवालय ने आज इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है सत्र की शुरूआत राज्यपाल आचार्य देवव्रत के संबोधन के साथ होगी

विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने उम्मीद जताई कि सभी सदस्य जनहित से जुड़े अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण माहौल में चलेगी मकर संक्राति मकर संक्राति का पर्व आज प्रदेशभर में धार्मिक श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया इस मौके पर धार्मिक सरोवरों में श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया और तुलादान सहित अन्य दान भी किए शिमला व मंडी ज़िला की सीमा पर स्थित तत्तापानी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ज़िला स्तरीय मेले का शुभारंभ किया इस दौरान एक जनसभा में उन्होंने कहा कि तत्तापानी को जल कीड़ा गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा उन्होंने पांगणा में लोक निर्माण विभाग का उपमंडल और तत्तापानी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की भी घोषणा की प्रदेश के अन्य भागों में भी मकर सकांति की धूम रही कुल्लू ज़िले के मणिकर्ण और बिलासपुर जिले के मारकंड में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा मकर सकांति पर शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में श्रद्वालुओं ने शीश नवाया और परिवार की सुख समृद्वि की कामना की एबीवीपी सीएम इससे पहले पूर्वोत्तर राज्यों के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने आज शिमला में मुख्यमंत्री से भेंट की ये विद्यार्थी इन दिनों इंटर स्टेट लिविंग कार्यक्रम के तहत प्रदेश के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरे का एक हिस्सा ये एहसास करवाता है कि विविधता में भी हम आत्मा और दिल से एक हैं उन्होंने छात्रों से अपने अपने राज्यों में एबीवीपी संगठन को अधिक सुदृढ़ कर देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने का आग्रह किया

कार्य योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने देश में मादक पदार्थो के इस्तेमाल की समस्या के निवारण के लिए पंचवर्षीय कार्ययोजना का मसौदा तैयार किया है मादक पदार्थों की मात्रा में कमी लाने की पंचवर्षीय राष्ट्रीय कार्ययोजना का उद्देश्य इस मुद्दे के समाधान के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाना है इसमें प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों की शिक्षा नशामुक्ति और पुनर्वास के उपाय शामिल हैं मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय मादक पदार्थ मांग कटौती नीति के मसौदे को मंत्रिमंडल से वापस लिए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है

इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं तीर्थ यात्री शहर में आने शुरू हो गए हैं और साधु संतों के अलावा विदेशी पर्यटक भी मेले में आ रहे हैं कुंभ मेले का आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीधा प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी ने अलग से एक किलो वॉट का रेडियो स्टेशन क्ंभवाणी स्थापित किया है कुंभवाणी से सभी कार्यक्रमों के प्रसारण की यू ट्यूब पर लाईव स्ट्रीमिंग की भी व्यवस्था की गई है अनुराग ठाकुर इस बीच सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कुंभ मेले में सांसद मोबाईल स्वास्थ्य सेवा श्रद्वालुओं को चिकित्सा सेवा मुहैया करवा रही है

बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने लोक निर्माण विभाग को निर्माण कार्यो में गुणवत्ता बनाए रखने और कार्य निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं

बिंदल ने कहा कि वे स्वयं निर्माणाधीन विकास परियोजनाओं का लगातार निरीक्षण और मॉनिटरिंग कर रहे हैं